प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा श्रीजगदग्रू विश्वाराध्य ग्रूक्ल के शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा विधानमंडल के दोनों सदनों में क़ानून व्यवस्था एवं अन्य मुददों को लेकर विपक्ष का हंगामा सरकार ने कहा राज्य में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ की जायेगी कड़ी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने संबंधी उसकी याचिका की नामंजूर भारत और पुर्तगाल ने विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढाने के लिए चौदह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं इनमें निवेश परिवहन बंदरगाह संस्कृति उद्योग और बौद्विक संपदा अधिकार से संबंधित समझौते शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो हेबेलो डि सुजा के बीच कल नई दिल्ली में विस्तृत बातचीत के बाद इन पर हस्ताक्षर किए गए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि श्री मोदी और श्री डि सूजा के बीच अच्छी बातचीत हुई दोनों देशों के बीच भागीदारी के अधिकतर मुद्दों पर चर्चा की गई श्री मार्सेलो हेबेलो डि सूजा चार दिन की भारत यात्रा पर ब्रहस्पति की रात नई दिल्ली पहचे यह उनकी पहली भारत यात्रा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम पूर्वगाल के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज दिया इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे वे श्रीजगदगुरू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री श्री सिद्वांत शिखामणि ग्रंथ की उन्नीस भाषाओं में अनुदित कृतियों और उनके मोबाइल एप का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरसठ फूट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे यह देश में उपाध्याय जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है मेमोरियल सेंटर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और कार्य उत्कीर्ण किये गये हैं चंदौली के पड़ाव में पंडित दीन दयाल उपाध्याय का स्मारक स्थल बनने पर स्थानीय लोगों में काफी उम्मीद हैं इस संबंध में क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित नागरिक डॉक्टर के एन पांडेय ने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का अन्तोदय जो था कि समाज में जो शांति प्रदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उनको समाज की जितनी भी मूलश्रत आकश्यकताएं उनकी हैं उनको भी मिलनी चाहिए और इनकी सरकार ने प्रतिया बनाई है धन्यवाद देता हूं नौजवानों का आहवान करता हूं कि वो हर नौजवान समाज के गरीब लाचार बेबस बेगारा तबकों को भी ऊपर आने के लिए मदद करें श्री मोदी एक जनसभा में तीस से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे इनमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चार सौ तीस बिस्तर का राजकीय सुपर स्पेशल्टी अस्पताल और बी एच यू में चौहत्तर बिस्तर का मनोचिकित्सा अस्पताल शामिल है विभिन्नता में एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान श्रू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति परम्पराओं और विरासत को साझा करते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबद्द राज्य मेघालय के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पिछल दिनों मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया इस दिन छात्र छात्राओं को मेघालय की संस्कृति तोककला और वहां की भाषा के बारे में विस्तार से बताया गया छात्रों ने भी गीत संगीत के जरिए मेघातय की संख्यति को सबके सामने प्रस्तुत किया इस अक्सर पर मेघातय के खान पान की जानकारी भी छात्रों को दी गई मेघातय के प्रसिद्ध व्यंजनों जोषो नाखाविची और बैंक्शुट के बारे में जानना छात्रों के लिए नया अनुभव रहा

उन्होंने कहा कि एक नई मावा में गीत सुनना समझना और उसपर नृत्य करना थोड़ा मुश्किल जरूर था

विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल अधिकारी प्रोफेसर नवीन अपोड़ा ने कहा इसी दिन हमर्न एक मास्त श्रेव्ड भारत क्लब की भी स्थापना करी जिसमें विश्वविद्यालय के प्रैकल्टी और छात्र छात्रायों ने मेम्बरशिप ली हर वीक हम ईवीएसबी क्लब डे मनाते हैं और हर मंच हम कई सारी एक्टिविटीज एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए हम करते हैं जिससे कि हम दूसरे मेघालय के बारे में अपने छात्र छात्राओं को बताते हैं उसकी लेंग्वेजेस के बारे में मी हमारे छात्र छात्राएं जान रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक हमारे विश्वविद्यालय में चलाया जा रहा है आदित्य शुक्ला आकाशवाणी समाचार गोरखपुर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन कल दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने सी ए ए एन आर सी और कानून व्यवस्था के मुददे पर हंगामा और नारेबाजी की विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके ख़िलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि नया नागरिकता कानून किसी के खिलाफ नहीं है संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतृष्ट विपक्षी सदस्यों ने एनआरसी और सी ए ए के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिंसा की जांच कराये जाने की मांग को लेकर सदन से वाकआरूट कर दिया सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई भाजपा की सदस्य डॉक्टर मंजू सिवाज ने अमिमाषण पर चर्चा श्रू की विधानसभा की कार्यवाही सत्रह फरवरी सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी उधर विधान परिषद में भी नागरिकता संशोधन कानून और एन आर सी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोक हुई विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सपा के अहमद हसन ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर फर्जी मुकदमें दर्ज करने का आरोप लगाया वहीं बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश में सी ए ए और ए आर सी के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं ब्ज्गो और बच्यों का मामला उठाया इस पर नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी लेकिन शातिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी सदन में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाये जाने का मामला भी उठाया गया इस पर कृषिमंत्री सुर्यप्रताप शाही ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी संवेदनशील है इसके बाद सदन में अन्य जरूरी कामकाज निपटाये गये राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा के केदारनाथ सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया बाद में विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी विनय शर्मा की वह अपील रद्द कर दी जिसमें उसने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती दी थी विनय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसकी दया याचिका पर दर्भावना के साथ विचार किया गया न्यायमूर्ति आर भानुमति अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा कि विनय शर्मा ने दया याचिका रद्द किये जाने की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इसकी चिकित्सा रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज राष्ट्रपति के समक्ष रखे गये थे और उन्होंने दया याचिका अपने विवेक से रद्द की है उच्चतम न्यायालय ने विनय की यह दलील नामंजुर कर दी कि वह मानसिक रूप से बीमार है अदालत ने कहा कि उसकी चिकित्सा रिपोर्ट से साफ है कि वह मानसिक रूप से स्थिर है प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कॉलेजों अस्पतालों और मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर सड़कों का निर्माण कराया जायेगा श्री मौर्य ने निर्माण कार्यो में मानक और गृणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देश दिये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उपमुख्यमंत्री ने युवा सिविल इंजीनियरों का दस लाख रूपये तक के ठेके देने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने ठेकों में पिछड़े व सामान्य वर्ग के ग़रीबों और एससीएसटी के लोगों को आरक्षण देने का प्राक्षण जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को भी कहा उन्नीस सौ पचासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेन्द्र कुमार तिवारी को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है श्री तिवारी इकतीस अगस्त दो हजार उन्नीस से प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे प्रदेश सरकार ने अब उन्हें स्थायी रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी है

कल जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने कहा है कि वह न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता है जिसके जरिये चुनाव आधारित लोकतंत्र के लिए नए पैमाने तय किये गये हैं आयोग ने कहा कि दस अक्टूबर दो हजार अट्ठारह को जारी उसके विस्तृत दिशा निर्देश में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उनके दलों के बारे में जानकारी मतदाताओं के लिए सार्वजनिक की जानी चाहिए